श्री मोदी ने नौ सूत्रीय कार्यसूची प्रस्तुत करते हुए कहा कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों के द्ष्वक्र से पूरी तरह कुशलता से निपटने के लिए सशक्त और सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है प्रधानमंत्री ने विभिन्न देशों के सीमापार से संगठित अपराध रोकथाम संधि को लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के वास्ते सदस्य देशों से मिलकर प्रयास करते हुए एक व्यवस्था स्थापित करने का आग्रह किया

प्रधानमंत्री ने आर्थिक नीतियां तैयार करते समय जनता पहले की अवधारणा की जरूरत बताई उन्होंने कहा कि इससे लोगों के दैनिक जीवन पर सीधा सकारात्मक प्रभाव होगा श्री मोदी ने रचनात्मक कार्यों और महिला सशक्तिकरण के भविष्य से संबंधित नया दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान भी किया ब्रिक्स के सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है

बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि ब्रिक्स देशों ने लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों की निंदा की है बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमने सभी देशों से एफएटीएफ मानको के कार्यान्वयन का आग्रह किया है आतंकवादियों के नेटवर्क उनकी फाइनैनसिंग और उनकी आवाजाही को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के काउन्टर टैरोरिजम फ्रेम्बर को मजबूत करने हेतु ब्रिक्स और जी द्वेंटी देशों को साथ भिलकर काम करना होगा आर्थिक अपराधियों और भगौड़ों के विरुद्ध हमें भिलकर काम करने की आवश्यकता है यह समस्या विश्व की आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है ब्रिक्स देशों ने विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के लिए पूर्ण समर्थन दोहराया इस व्यवस्था से पारदर्शी भेदभाव रहित खुला और समावेशी अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित किया जाना है भारत जापान और अमरीका भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए स्वतंत्र समावेशी और नियम आधारित व्यवस्था बनान की आवश्यकता पर सहमत हुए हैं

श्री मोदी ने कहा कि जय सफलता का प्रतीक है और इससे अच्छा संदेश मिलना चाहिए जापान अमेरिका इंडिया जेएआई इसका भारत के अंदर मतलब होता है जय जय का मतलब होता है सक्सेस तो एक प्रकार से ये जेएआई यह सक्सेस का मैसेज लेकर आज हम शुभ शुरुआत कर रहे हैं और यह हमारी व्यवस्था मै मानता हूं कि विश्व शांति के लिए विश्व शक्ति के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी जय बैठक के बारे में जानकारी देते हुए विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि त्रिपक्षीय बैठक का परिणाम अत्यंत उत्साहवर्धक रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए आम लोगों से भो आगे आने का आह्वान किया है

उन्होंने कहा कि सफलता के लिए इंतजार करने से बेहतर है कि हम खुद पहल करें और सफलता की राह खुद बनायें उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाये जा रहे स्वच्छता कार्यकम के कारण भारत की तस्वीर बदली है गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में आज आयोजित विशेष स्वच्छता रैली को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इसके साथ ही उन्होंने रैली में शामिल लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलायी उन्होंने कहा कि महात्मा गॉधी की एक सौ पचासवी जयंती के अवसर पर आज से पन्द्रह दिसम्बर तक प्रत्येक विधानसभा में भाजपा के एक सौ पचास लोगों की टोली घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बतायेगी जिससे आम जनता को सरकार की योजनाओं के बार में सही जानकारी मिल सकेगी

पदयात्रा में केन्द्र तथा प्रदेश सरकार के मंत्री गण पाटो के सांसद विधायक पदाधिकारी और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को केन्द्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत करा रहे हैं लखनऊ में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी बृजेश पाठक आशुतोष टंडन विधायक सुरेश श्रीवास्तव और पार्टी के प्रदेश महामंत्री गोविन्द श्र्क्ला ने पदयात्राओं का शुभारम्भ किया कुशीनगर में भाजपा के पदयात्रा कार्यकम में पूर्व केन्द्रीय मंत्री कलराज मिश्र कुशीनगर के सांसद राजेश पाण्डेय प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जिले के विधायकों पार्टी कार्यकर्ताओं सहित भारी संख्या में लोग शामिल हुए बरेली में केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार और वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने पदयात्रा का नेतृत्व किया गोण्डा में सांसद कीर्तिवर्द्वन सिंह और मनकापुर के विधायक एवं समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने बागपत में केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह ने और मथुरा में प्रदेश के ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने कमल सन्देश यात्राओं को रवाना किया

जन जन तक संवाद करेंगे और लोक कल्याणकारी कार्यक्रम के प्रति लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने काम करेंगे ताकि जो सरकार के लोक कल्याणकारी कार्य हैं और योजनाएं हैं उसका लाभ इस प्रदेश की सम्मानित जनता को एवं व्यक्तियों को मिल सके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

विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जागरूकता रैली और गोष्ठियों का आयोजन किया गया

सोसाइटी के परियोजना निदेशक गौरव दयाल ने बताया कि एचआईवी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्तमान म एचआईवी संबंधी परामर्श जांच और दवाईयों सहित समुचित स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए विभाग हरसंभव प्रयास कर रहा है बाराबंकी क विकासखंड निन्दुरा में अच्छे बच्चे अच्छे शिक्षक अच्छे विद्यालय अच्छा समाज नवाचार के अन्तर्गत सत्रीय परीक्षा का आयोजन किया गया इसके अन्तर्गत हिन्दी और सामाजिक विषय की परीक्षा में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए नियमावली बनायी जायेगी इससे पाठयकमों का निर्धारण तथा डिप्लोमा सहित अन्य प्रमाण पत्रों के पंजीकरण की सुविधा होगी